उन्होंने कहा की हर जिले में ड्राइविंग स्कूल खुलने से न केवल दुर्घटनाओं रोक लगेगी बल्कि प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार युवाओं में कौशल का विकास होगा और आत्मनिर्भर भारत का सपना भी पूरा होगा

स्कूल फीस हाईकोर्ट कोरोना काल में निजी स्कूलों द्वारा वसूली जा रही फीस को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय ने ऑनलाइन क्लास संचालित करने की अनुमति देने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है सरकार के आदेश को एक याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है

इसी तरह युगलपीठ ने सोसायटी ऑफ प्राइवेट स्कूल्स की याचिका पर अलग से सुनवाई करने कहा है

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के मुख्य न्यायाधीष अजय कुमार मित्तल ने बाल हितैषी न्यायालय का ऑनलाइन लोकार्पण किया

मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे

श्री मोदी ने ट्वीट में कहा है कि उन्हेंन इस कार्यक्रम के लिए लोगों के विचार और सुझाओं की प्रतीक्षा है उन्होंने कहा कि लोग माईगव ओपन फोरम या नमो एप पर अपने विचार साझा कर सकते हैं

खूब पढ़ो अभियान प्रदेश की सभी शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के बच्चों में रीडिंग हैबिट विकसित करने के उद्देश्य से हमारा घर हमारा विद्यालय अंतर्गत कल से खूब पढ़ो अभियान षुरू किया गया है